बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति और कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान सोलह जनवरी से शुरू किया जाना है देश के औषधि महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद यह निर्णय किया गया है ब्यौरा हमारे संवाददाता से बाइट यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग तीन करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्निम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा

टीकाकरण कर्मियों के प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई

इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी प्रक्षिणन श्रृंखला अधिकारी आई ई सी अधिकारी और अन्य भागीदार शामिल हैं

सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत स्वदेश में निर्मित कोविड के दो टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा बाईट आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं केन्द्र सरकार ने आज कहा कि राष्ट्रव्यापी कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से जोरों से तैयारियां की जा रही है राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का यह अभियान सोलह जनवरी से शुरू हो रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की यह सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बैठक की अध्यक्षता कोविड उन्नीस से निपटने के लिए गठित टेक्नॉलोजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूहों के प्रमुख रामसेवक शर्मा ने की बैठक में राज्यों के प्रधान सचिवों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया श्री शर्मा ने कहा कि भारत का कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान दुनिया में अपनी तरह का सबसे बडा अभियान होगा उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह भरोसेमंद और सुद्रृढ टेक्नॉलोजी पर आधारित होगा उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान की प्रक्रिया नागरिक केंद्रित होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोविड टीका सभी स्थानों पर हर समय उपलब्ध रहे आधार प्लेटफार्म के उपयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे लाभार्थियों से अपने मौजूदा मोबाइल फोन नम्बरों को आधार से जोड लेने को कहें ताकि टीकाकरण के लिए उनका पंजीयन हो सके और इससे संबंधित जानकारियां एसएमएस के जरिये उन्हें भेजी जा सकें श्री शर्मा ने कहा कि टीकाकरण के लिए व्यक्ति की स्पष्ट पहचान होना और टीकाकरण का डिजीटल रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि सोलह जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क और सजग है श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में कुल तीन सौ चिह्नित स्थानों पर वैक्सीनेशन का शुभारंभ होगा प्रदेश के सभी नौ सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों और पांच निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ अन्य सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण का प्रबंध किया गया है श्री पांडेय ने कहा कि टीकाकरण के लिए राजधानी पटना समेत जिला और प्रखंड के शहरी क्षेत्रों में चिह्नित स्थलों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती भी की गई है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाएगी पांच सदस्यों की एक समिति प्रत्येक केंद्र पर इस अभियान की निगरानी करेगी श्री पांडेय ने बताया कि चार लाख बासठ हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं मंत्रालय ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य को रणनीति बनानी चाहिए दिशा निर्देशों में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने और बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने तथा बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है जदयू के पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पटना में जदयू की राज्य परिषद की बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने उमेश कुशवाहा के नाम का प्रस्ताव रखा जिसे पार्टी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जदयू के नये प्रदेश अध्यक्ष उमेश कृशवाहा वैशाली जिले के मनहार विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं हालांकि दो हजार बीस के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था बाद में संवाददाताओं से बात करते हुये श्री कुशवाहा ने कहा कि वो पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे

श्री प्रसाद राजगीर में पार्टी के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए इस शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया शिविर में कोन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उपमुख्यमी रेणू देवी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थि थे भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने राजद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है श्री यादव ने कहा कि राजद में परिवारवाद के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने में तेजस्वी यादव नाकाम साबित हो रहे हैं उन्होंने दावा किया कि खरमास के बाद पार्टी टूट की कगार पर होगी राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगभग अंठानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख पचास हजार से अधिक मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गयी है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तीन सौ उनसठ नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पटना में सबसे अधिक एक सौ अड़सठ नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं बेगूसराय और सहरसा में अठारह अठारह सीतामढ़ी और रोहतास में बारह बारह और मुजफ्फरपुर तथा गया में ग्यारह ग्यारह मामले दर्ज किये गये हैं वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने मुंगेर घाट पर रेल सह सड़क पुल का निर्माण कार्य इस साल मई तक प्रा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चौदह किलोमीटर से अधिक लंबे दो लेन के इस पुल का निर्माण दो सौ अट्ठाईस करोड़ की लागत से कर रहा है मोकामा में राजेन्द्र सेतु और पटना में जेपी सेतु के बाद राज्य में गंगा नदी पर यह तीसरा रेल सह सड़क पुल होगा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक नया सेतु उपलब्ध होगा जिससे इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज होगी केन्द्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नवीन तकनीक से दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में क्रांति के लिए केन्द्र सरकार राज्य को हर प्रकार की सुविधा देगी श्री सिंह आज बेगूसराय के बरौनी डेयरी में पशु नस्ल सुधार पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

यह दिन विदेशों में हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि देश के सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में भाषाएं महत्वपूर्ण योगदान करती हैं उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा देश की विविधता में एकता स्थापित करने वाली कुंजी है इधर इस अवसर पर राजधानी पटना के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया वहीं बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाइनरी के कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए समारोह का आयोजन किया गया प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और इसे अद्यतन करने के लिए आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया पहली जनवरी दो हजार इक्कीस को अठारह वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवाओं ने सूची में अपना नाम जुड़वाया कैंप में नाम हटाने और नाम तथा पता में संशोधन के लिये भी आवेदन लिये गए दशमेष गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ चौवनवें प्रकाश पर्व के अवसर पर रेलवे ने बारह से छब्बीस जनवरी तक चौदह जोड़ी ट्रेनों का पटना सहिब रेलवे स्टेशन पर दो मिनट के लिए अस्थायी ठहराव दिया है रेलवे की इस विशेष पहल से प्रकाश पर्व पर पटना साहिब आने वाले सिख श्रद्दालुओं को सुविधा होगी नालंदा जिले के तेल्हाड़ा में अट्ठाईस करोड़ रुपये की लागत से म्यूजियम का निर्माण किया जायेगा जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि संग्रहालय भवन के लिये तेल्हाड़ा उच्च विद्यालय की डेढ़ एकड़ भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है नालंदा स्थित सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए चौबीस जनवरी को होने वाली प्रवेश परीक्षा अब सात फरवरी को होगी भागलपुर की वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने ललमटिया के थानाध्यक्ष ओमप्रकाश को लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है वहीं रोहतास के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने भ्रष्टाचार के आरोप में बघैला के थानाध्यक्ष कुंदन कुमार को निलंबित कर दिया है शेखपुरा पुलिस ने चेवाड़ा प्रखंड के चकंद्रा गांव में एक शराब कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुये उसके घर को सील कर दिया है प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि कारोबारी के एक घर को नीलाम करने के लिए जिलाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजा जायेगा पश्चिम चम्पारण में लूट हत्या और रंगदारी के दो दर्जन से अधिक मामलों में पिछले पन्द्रह वर्षो से फरारा कुख्यात अपराधी कमरूद्दीन अंसारी को पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से नासिक से गिरफ्तार कर लिया है